श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि यह मौसम में बदलाव और विषाण जनित रोगों के फैलाव का समय है इसे देखते हुए सतर्कता और एहतियाती उपाय जरूरी हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रमावित लोगों की समुचित देखमाल सुनिश्चित कर रही है कोविड नाइन्टीन से निपटने के सरकार के सही समय पर किए गए प्रयासों के कारण देश में अब तक बीस लाख से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं संक्रमण से ठीक होने की दर अब तिहत्तर दशमलव छह चार प्रतिशत तक पंहच गई है पिछले चौबीस घंटों में देश में साठ हजार से ज्यादा लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं यह एक दिन में ठीक होने वालों की सबसे अधिक संख्या है अब तक भारत में बीस लाख सैंतीस हजार आठ सौ सत्तर लोग संक्रमण से ठीक हए संक्रमण से होने वाली मृत्यू का प्रतिशत भी तेजी से घटकर एक दशमलव नौ एक पर आ गया है तीस राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घटों में लगभग चौसठ हजार नये मामले मिलने से अब तक संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या सत्ताईस लाख सड़सठ हजार दो सौ चौहत्तर हो गई है सक्रिय मामलों की संख्या भी तेजी से घटकर कुल जांच के सात दशमलव सात दो प्रतिशत पर आ गई है इस समय देश में संक्रमण के छह लाख छिहत्तर हजार पांच सौ चौदह सक्रिय मामले हैं बीते एक दिन में एक हजार बानवे मौत होने के बाद इस बीमारी से अब तक बावन हजार आठ सौ नवासी लोगों की मृत्यु हो चुकी है आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जाता है

प्रदेश विधानमण्डल का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है यह सत्र तीन दिन चलेगा और इस दौरान कोविड नाइन्टीन संक्रमण को देखते हथे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जायेगा सत्र के दौरान सभी सदस्य एक सीट के अन्तराल पर वैठेंगे सदन में आने से पहले समी सदस्यों की थर्मल स्केनिंग की जायेगी सदस्य मॉस्क पहनकर ही विधानमण्डल की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे उधर आज लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के नेताओं से विधानमण्डल की कार्यवाही में सहयोग करने की अपील की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि पैसठ वर्ष से अधिक आयु वाले सदस्य यदि विधानसभा सत्र में वर्चअल रूप से भाग लेना चाहेंगे तो उन्हें इसकी अनुमति दे दी जायेगी उच्चतम न्यायालय ने आज अपराधी सरगना विकास द्वे मुठभेड़ की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश बी एस चौहान की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग के गठन को चुनौती देने वाली याचिका नामंजूर कर दी

इस महीने की ग्यारह तारीख को भी न्यायमूर्ति एस ए बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा था कि वह शीर्ष अदालत के सेवानिवृत न्यायाधीश के बारे में मीडिया की खबरों के आधार पर किसी को सवाल उठाने की अनुमति नहीं देगी उच्चतम न्यायालय का ये फैसला एक अधिवक्ता की याचिका के सिलसिले में दिया गया जिसमें जांच आयोग के पुनर्गठन और इसके सदस्यों को बदलने की मांग की गई थी तीन जुलाई की मध्य रात्रि पुलिस की टीम विकास दुबे को गिरफ्तार करने कानपुर के चौबेपुर क्षेत्र में बिकरू गांव में गई थी वहां दुबे ने घात लगाकर हमला किया और पुलिस उप अधीक्षक देवेन्द्र मिश्र सहित आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी इसके बाद दस जुलाई को तड़के द्वे उस समय मुठभेड़ में मारा गया जब पुलिस उसे उज्जैन से सड़क मार्ग से कानपुर ला रही थी भौती क्षेत्र में प्लिस का वाहन द्र्घटनाग्रस्त हो गया था और द्वे ने भागने की कोशिश की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीस अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है लोग एक आठ शन्य शन्य एक एक सात आठ शन्य शन्य पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप ओपन फोरम या माई जीओवी पर भी अपने विचार लिख सकते हैं इसके साथ ही लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं तथा एस एमएस पर प्राप्त लिंक के जरिए भी सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शंकर दयाल शर्मा का स्मरण करते हुए कहा कि वे एक बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति विद्वान प्रमुख वकील स्वतंत्रता सेनानी और ख्याति प्राप्त लेखक थे